इस नीति का मुख्य उद्देश्य आयुष चिकित्सा पद्धति को स्तरोन्नत कर रोगियों को आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार के लिए प्रेरित करना है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया

इसके अलावा वहन योग्य आवासीय नीति को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों के पुनर्वास और सभी नई आवासीय परियोजनाओं में मिश्रित आवासीय विकास को प्रोत्साहन देना है बैठक में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की स्थापना और मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना शुरू करने का निर्णय भी लिया गया मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने और विभिन्न श्रेणियों के नए पद सुजित करने पर भी मुहर लगाई गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर आज दूटीकंडी बाईपास पर शिमला नगर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए चार इलेक्ट्रिकल बसों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए लगभग सौ नई इलेक्ट्रिकल बसों को सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें चलाने में हिमाचल प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में आंका गया है और आने वाले समय में न केवल परिवहन विभाग बल्कि सामान्य नागरिकों को भी इलेक्ट्रिकल गाड़ी उपयोग करने के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा धनतेरस आज धनतेरस है इसे धनवंतरि त्रयोदशी या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है दीपावली से दो दिन पहले धनतेरस में सोना चांदी या अन्य धातु खरीदने की परंपरा है हिन्दू मान्यताओं के अनुसार आज का दिन भगवान धनवंतरि के जन्मदिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रदेश भर के बाजारों में इस अवसर पर खूब रौनक देखी गई और लोगों ने आभूषणों व बर्तनों की जमकर खरीददारी की आयुर्वेद दिवस इस बीच राष्ट्रीय आयुर्वेदिक व धनवंतरि दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए सिरमौर जिले के नाहन स्थित जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है उन्होंने शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए योग और आयुर्वेद अपनाने पर बल दिया इस दौरान रोगियों को फल व निशुल्क आयुर्वेदिक दवाईयां भी वितरित की गई सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों के बौद्धिक व शारीरिक विकास पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया है ताकि उनका संपूर्ण विकास संभव हो सके वे आज छोटा शिमला स्थित केंद्रीय तिब्बतीयन स्कूल के वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों से वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में कड़ी मेहनत करने का आह्वान भी किया इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा शिविर किन्नौर जिला की किलबा पंचायत में जनजातीय उपयोजना के तहत सम शीतोष्ण फलों में माईट की पहचान व एकीकृत प्रबंधन विषय पर आज एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया इस अवसर पर क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा के सह निदेशक पंकज गुप्ता ने किसानों व बागवानों को सेब के पौधों में लगने वाले रोग और इनकी रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी इस दौरान बागवानों व किसानों को फल व सब्जी उत्पादन से संबंधित लिटरेचर तथा औजार भी निशुल्क प्रदान किए गए